राष्ट्रपति रामानाथ कोविंद ने कहा है कि लोकतंत्र में अधिक से अधिक सूचनायें उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है

सार्वजनिक धन कैसे खर्च हो रहा है और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग किस तरह किया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह जानना जनता का अधिकार है कि सहकारी सेवायें किस तरह पहंचाई जा रही है और लोक निर्माण तथा कल्याणकारी कार्यक्रम किस तरह चलाये जा रहे है श्री कोविंद ने कहा कि सूचना का अधिकार नागरिकों और प्रसासन के बीच विश्वास के सामाजिक अन्बंध को ओर मजबूत करता है राष्ट्रपति ने कहा कि प्रशासन और नागरिकों को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और भ्रष्टाचार तथा सार्वजनिक धन की बर्बादी पर नियंत्रण के लिए संसाधनों का उचित उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए हमारे संवाददाता के अन्सार सूचना का अधिकार है जब कानून के तहत पांच लाख सुचना अधिकारी है जब सुचनाओं के लिए आवदेनों की संख्या एक वर्ष में साठ लाख से भी अधिक है प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने कमज़ोर वर्गो की आवाज़ के रूप में काम किया है और राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने भारत को विकास में मदद की है आज नई दिल्ली में एनएचआरसी के सिल्वर जयंती फाउंडेशन डे में सभा को सम्बोधित करते हए श्री मोदी ने कहा कि आयोग ने लोगों के मानव अधिकारों की रक्षा के लिए काम किया है और गत चार वर्षो में समाज के उत्पीड़ित वर्ग की गरिमा को बढ़ाने के लिये गंभीर प्रयास किये गये है श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र के कार्यक्रम और नीतियों ने इसे सुनिश्चित करने में अहम भ्रमिका निभाई है उन्होंने कहा कि मानव अधिकारों बारे जगरूकता फैलाने में सोशल मीडिया बड़ी भ्रमिका निभा सकता है इस अवसर पर श्री मोदी ने एक डाक टिक्ट और विशेष कवर भी जारी किया उन्होंने एनएचआरसी वेबसाइट का नया संस्करण भी लांच किया

एक बयान संचार नियामक प्राधिकरण ने कहा कि एक स्रक्षित स्थिर ओर लचीला डीएनएस सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेट शटडाउन आवश्यक है आगे स्पष्ट किया है कि इंटरनेट उपयोगकर्ता प्रभावित हो सकते है यदि उनके नेटवर्क आपरेटर या इंटरनेट सेवा प्रदाता इस परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है यद्यपि उचित स्रक्षा व्यवसथा को सक्षम करके इस प्रभाव से बचा जा सकत है

इसके अलावा वैश्विक नेटवर्क तक पहंचने में अस्विधा भी हो सकती है यदि प्रानी आईएसपी का प्रयोग करते है राष्ट्र आज डा राम मनोहर लाल लोहिया को उनकी प्ण्य तिथि पर याद कर रहा है डा लोहिया एक समाजवादी राजनैतिक नेता के साथ साथ जाने माने स्वतंत्रता सेनानी भी थे

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि पुलिस की एक टीम को बादली चंगी बहादरगढ़ के पास नाकाबंदी करके वाहनों की जांच दौरान एक गाड़ी की तलाशी लेने मे रखे पांच कट्टों में यह गांजा पत्ती मिली टीम ने गांजा पत्ती सहित आरोपी को काबू कर लिया पकड़े गए आरोपी की पहचान राजेश निवासी बसई एन्कलेव गुरूग्राम के रूप मे हई है आरोपी ने प्राथ्मिक पुछताछ में तस्करी के धंधे में एक अन्य व्यक्ति के भी शामिल होने का ख्लासा किया है आरोपी के खिलाफ नशीले पदार्थ अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए थाना बहादुरगढ़ में मामला दर्ज किया गया आरोपी को बहादुरगढ़ अदालत में पेश किया गया जहां उसे न्यायिक हिरासत में भैज दिया गया उल्लेखनीय है कि झज्जर प्लिस दवारा महानिदेशक के आदेश पर नशीले पदार्थो की तस्करी की रोकथाम के लिए आप्रेशन क्लीन चलाया गया है इनैलो के वरिष्ठ नेता अभय सिंह चौटाला ने आज परिवा में आड्र दरार को यह कह कर महत्वहीन ठहराया कि उनके भतीजे द्ष्यंत और दिग्विजय हमारे बच्चे है साथ ही यह भी कहा िक पार्टी का अन्शासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी चौटाला परिवार में ये दरार गुरूवार को उस समय आई जब इनैलो के अध्यक्ष ओम प्रकाश चोटाला ने द्वष्यंत और दिग्विजय के नेतृत्व वाली पार्टी की छात्र और य्वा इकाइयों को भंग कर दिया अभय चौटाला ओम प्रकाश चोटाला के छोटे भाई है तथा द्ष्यंत और दिग्विजय अभय चौटाला के बड़े भाई अजय चौटाला के बेटे है आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता में परिवार में आई दरार बारे पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात का पता नहीं है कि हिसार से सांसद द्वष्यंत चौटाला को पार्टी से निलंवित किया गया है

अभय चौटाला ने कहा कि छात्र एवं च्नाव इकाइयों में रैली का सफल आयोजित स्निश्चित करते हुए कहा गया गया था ऐसा न करने पर चौटाला साहब ने कदम उठाया दिग्विजय चौटाला का कहना है कि केवल इंडियन नैशनल स्ट्डेंट आर्गेनाईजेंशन के संस्थापक अजय सिंह चौटाला ही इस इकाई को भंग कर सकते है

ऑन लाइन फार्म जमा कराने की आखिरी तारीख एक दिसम्बर है

प्रवेश के लिए छ जनवरी को परीक्षा होगी

अम्बाला में आज स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि भारी बारिश से फसलों का बहत न्कसान हआ है और बहत सारे लोगों का सबक्छ बर्बाद हो गया है उन्होंने बताया कि उन्होंने कृषि मंत्री से इस बारे बात की है और उपाय्क्त को भी त्रंत कार्रवाई करते हए विशेष गिरदावरी करने को कहा है

भूपेन्द्र सिंह हडडज के कहने पर कि भाजपा सरकार सिर्फ झूठे वादे करती है और किसानों का इतना न्कसान होन पर भी सरकार सिर्फ बाते कर रही है श्री विज ने कहा कि किसानों को उनके न्कसान का जितना म्आवजा भाजपा सरकार ने दिया है उतना हरियाणा बनने के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया देश भर अप्रत्यक्ष छात्र संघ च्नाव का विरोध तेज़ हो गया है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छोड़कर सभी छात्र संगठन प्रत्यक्ष च्नाव का विरोध में एकज्ट हो गये है छात्र प्रत्यक्ष च्नाव कराये जाने की मांग रहे है इसी के चलते आज रोहतक विश्वविद्यालय में छात्राओं व प्लिस के बीच झड़प हई इसके बाद प्लिस ने छात्राओं पर लाठी चार्ज किया व आंस् गैस के गोले छोड़े प्लिस ने इनसो प्रदेशाध्यक्ष प्रदीप देशपाल समेत एक दर्जन छात्रों को हिरासत में ले लिया है